इससे पहले कल श्रीमती राजे ने सीकर जिले में एक कार्यक्रम में कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने के लिए परियोजना पर काम किया जा रहा है

इससे राज्य के चूरू सीकर और झुन्झुनू जिले मेँ पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा

कृषि मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने अपनी हाल की एक रिपोर्ट में कहा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को इस समिति के जांच के आधार पर पावर टिलर के दोषी आयातक वितरक और डीलर की पहचान करने की सिफारिश की है ताकि किसानों हुए नुकसान की भरपायी की जा सके समिति ने एक माह के अंदर विभाग से इस संबंध में की गयी कार्रवाई से अवगत कराने का भी निर्देश दिया है

पुलिस के अनुसार शहर की गांधीनगर कच्ची बस्ती में रहने वाले ये लोग बागलिया एनिकट पर नहाने गये थे मृतकों में दो बच्चे शामिल है पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिये है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

इस अवसर पर वायुसेना के जवानों ने हवा में फायर कर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया इससे पहले वायुसेना की बटालियन ने शहीद को उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर सलामी दी

आज सुबह पूर्व नरेश भवानी सिंह की मूर्ति पर पुष्पांजलि से स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरूआत हुई आज शाम झालावाड़ के गढ पार्क में ्रितिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर जिले में पाँच बुजुर्गो सहित उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा

पुलिस के अनुसार आरोपित को अफीम और डोडा चूरा मामले में गिरफ्तार किया गया था फरार आरोपित की तलाश में जिलेभर में नाकेबंदी की गई है

इसी प्रतियोगिता में हिना सिद्ध ने रजत पदक अपने नाम किया

आज मिले दो स्वर्ण और एक रजत पदक के साथ अंक तालिका में भारत अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया भारत की झोली में अब तक कुल नौ पदक आए हैं जिनमें छह स्वर्ण दो रजत और एक कांस्य पदक शामिल हैं

आरम्म में अजमेर स्थित सिविल कोर्ट के मतदान केन्द्र की मतपेटियां खोली गई